केन्द्र सरकार के रिक्त पदों को भरने के लिए चलेगा विशेष अभियान

केन्द्र सरकार के रिक्त पदों को भरने के लिए विशेष अभियान चलाया जायेगा इस संबंध में सभी मंत्रालयों को संघ लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग से सीधी भर्ती वाले पदों को जल्द से जल्द भरने का निर्देश दिया गया है केन्द्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी पत्र में ऐसे सभी पदों का ब्यौरा पांच फरवरी तक देने को कहा गया है पत्र के अनुसार निवेश और विकास को लेकर बनी कैबिनेट समिति की बैठक में खाली पदों को भरने के लिए समयबद्ध तरीके से और तुरंत कदम उठाने के निर्णय के आधार पर ये निर्देश जारी किये गये हैं नोटबंदी के बाद किये गये कर आकलन के बाद प्रदेश में लगभग तीन सौ करोड़ रूपये टैक्स की वसूली की जायेगी आयकर विभाग ने विभिन्न बैंक खातों में अघोषित आय की हुई जांच के बाद कर वसूली का फैसला किया है विभागीय सूत्रों के अनुसार कर जमा नहीं करने वालों का बैंक खाता और सम्पत्ति जब्त की जायेगी यदि कोई व्यक्ति टैक्स जमा नहीं कर अपील में जाता है तो उससे पहले योग्य राशि का बीस प्रतिशत टैक्स के रूप में जमा करना होगा राज्य सरकार ने समय पर जीएसटी रिटर्न जमा नहीं करने वाले तेरह हजार व्यापारियों का निबंधन रद्द कर दिया है वहीं दो महीने से अधिक समय से रिटर्न नहीं दायर करने वाले लगभग छियासी हजार व्यापारियों की ई वे बिल जनरेट करने की अनुमति को ब्लॉक कर दिया गया है वाणिज्य कर विभाग की सचिव सह आयुक्त डॉक्टर प्रतिमा एस ने पटना में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि जीएसटी के संग्रह में तेरह प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गयी है चालू वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित उनतीस हजार करोड़ रूपये कर संग्रह के लक्ष्य के विरुद्ध अठारह हजार करोड़ रूपये कर संग्रह किया जा चुका है प्रदेश में दवा द्रकानदारों की राज्यव्यापी हड़ताल देर रात समाप्त हो गयी बिहार ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल की स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय और विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार के साथ हुई बैठक के बाद यह फैसला किया गया संघ के अध्यक्ष परसन कुमार सिन्हा ने बताया कि बैठक में प्रधान सचिव ने सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने और पूरा करने का आश्वासन दिया जिसके बाद जनहित में हड़ताल खत्म करने का फैसला किया गया निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में दोषियों को फांसी में देरी के बीच केन्द्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया है कि दया याचिका खारिज होने के सात दिनों के अंदर फांसी देने का नियम बनाया जाये इस संबंध में गृह मंत्रालय ने शीर्ष न्यायालय में एक याचिका दायर की है याचिका में कहा गया है कि मौत की सजा के मामले में कानूनी प्रावधानों को दोषी केन्द्रित की जगह पीड़ित केन्द्रित बनाया जाए ताकि सजा पाने वाले कानूनी प्रावधानों के साथ खिलवाड़ न कर सकें पूर्णिया जिले में बरामद लाखों रुपये के जाली नोट मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने शुरू कर दी है मामले में आतंकवादी गतिविधियों का पता चलने पर इसकी जांच एनआईए को सौंपने की अनुशंसा की गई थी इस मामले के एक अभियुक्त मो मुमताज की कल पटना स्थित विशेष अदालत में पेशी हुई न्यायालय ने उसकी हिरासत अवधि पांच फरवरी तक बढ़ाते हुए पटना के बेऊर जेल भेज दिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी छब्बीस जनवरी को शाम छह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे इससे पहले एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि इस साल का पहला कार्यक्रम विशेष दिन छब्बीस जनवरी को होगा

इसके अलावा लोग नमो ऐप ओपन फोरम और माई जीओवी ओपन फोरम पर भी अपने संदेश रिकार्ड करवा सकते हैं प्रदेश में ठंड की स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने लगा है हालांकि अभी भी अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से कम है आज सुबह प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मौसम साफ रहा राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग के सभी कर्मचारियों और पदाधिकारियों को पन्द्रह मार्च तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा जमा करने का निर्देश दिया है इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर के महाजन ने आदेश निर्गत कर दिया है प्रदेश में भवन निर्माण से जुड़े लगभग दस लाख मजदूरों को प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना से जोड़ा जायेगा श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि कामगारों की पहचान कर उनकी सूची केन्द्र सरकार को सौंप दी गयी है पंचायती राज मंत्रालय ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के लिए पंचायती राज संस्थाओं से इकतीस जनवरी तक ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये हैं पंचायती राज विभाग के निदेशक चन्द्रशेखर सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है पुरस्कारों के लिए बेहतर काम करने वाले पंचायत आवेदन कर सकते हैं गया जिले के डोभी थाना क्षेत्र अंतर्गत सलेमपुर में एक महिला पर तेजाब डालकर उसकी हत्या का मामला प्रकाश में आया है पुलिस ने बताया कि मामले की जांच चल रही है लखीसराय जिला अंतर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या अस्सी के टोल गेट के पास उत्पाद विभाग की टीम ने एक ट्रक से चार सौ चौरासी कार्टन शराब बरामद की है मौके से चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है मुजफ्फरपुर के अपर जिला और सत्र न्यायाधीश राकेश मालवीय को धमकी दिये जाने के मामले में पुलिस ने निलंबित सीओ मनोज कुमार को गिरफ्तार किया है पश्चिम चंपारण जिले के सदर थाना क्षेत्र के सुप्रिया रोड से पुलिस ने लूटपाट की योजना बना रहे पांच कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है पूर्व मध्य रेलवे के झाझा किऊल रेलखंड पर वनांचल एक्सप्रेस ट्रेन लूटकांड मामले के नामजद आरोपी संतोष दास को रेल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है इस मामले के दो अन्य आरोपियों की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है पूर्वी चंपारण जिले के रघ्नाथपूर चौकी क्षेत्र अंतर्गत हरदिया गांव के पास सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गयी पटना के संपतचक के मनोहरपुर कछुआरा में पुलिस ने छापेमारी कर दर्जनों शराब भट्ठी को ध्वस्त कर दिया मौके से भारी मात्रा में शराब और शराब बनाने के उपकरण बरामद किये गये बिहार पुलिस की तर्ज पर होमगार्ड के जवानों की अलग खेल टीम होगी

पत्र में सभी से अपने अपने जिला में विभिन्न खेलों के लिए टीमों का गठन कर इस संबंध में रिपोर्ट भेजने को कहा गया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने लिखा है सरकार का पक्ष सुने बगैर सीएए पर रोक नहीं उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जबाव मांगा दैनिक जागरण की सुर्खी है बजट में बढ़ सकती है ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन की सीमा दैनिक भास्कर ने जदयू उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर और पार्टी के वरिष्ठ नेता पवन वर्मा के बगावती तेवर से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है प्रभात खबर की सुर्खी है इसरो का इंसानी रोबोट व्योममित्र अंतरिक्ष जाकर बतायेगा वहां का हाल राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है वाणिज्य कर विभाग के पुराने बकायेदारों को मिलेगी राहत दैनिक आज की सुर्खी है बाईस बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार और अब अंत में मुख्य समाचार केन्द्र सरकार के रिक्त पदों को भरने के लिए चलेगा विशेष अभियान